प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बादल छाये हुए हैं मौसम विभाग ने कोटा और भरतपुर संभाग में आज जताई हल्की बरसात की संभावना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

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने रिकॉर्ड मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है

सभी नगर निकायों में वोटों की गिनती कल सुबह नौ बजे से होगी

आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जूड सकते हैं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

इस बीच चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोटा के जेके लॉन अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए

ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान में बादल छाये रहने और कोटा तथा भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है विभाग के अनुसार तापमान में तीन से पांच डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है